प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ करेंगे संवाद कांग्रेस का आरोप महंगाई व बेरोजगारी कम करने में विफल रही भाजपा सरकार पिछले कल हुई बर्फबारी के बाद राज्य में शीतलहर बढ़ी जनजातीय इलाकों में लोगों की मुश्किलें बरकरार

शिमला में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बच्चों को खुराक पिलाकर इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारम्भ किया उन्होंने अभिभावकों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की

उधर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के हीरानगर में विधायक नरेन्द्र ठाकुर बिलासपुर में विधायक सुभाष ठाक्र जबकि चम्बा में उपायुक्त विवेक भाटिया और ऊना में उपायुक्त संदीप कुमार ने पोलियो अभियान की शुरूआत की किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित चम्बा ज़िले के पांगी में बर्फबारी से संपर्क मार्ग अवरूद्व रहने के चलते इन क्षेत्रों में ये अभियान नहीं चलाया जा सका इन ज़िलों में पोलियो अभियान मौसम अनुकूल होने पर चलाया जाएगा

पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और अध्यापक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री प्रश्नों के उत्तर देंगे और चुनिंदा विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से उबरने के बारे में विचार विमर्श करेंगे शिक्षक छात्र और उनके माता पिता इस कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से प्रसारित किया जाएगा

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये योजना रेहड़ी फड़ी का कार्य करने वाले गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है

इस वर्ष का विषय है साक्षर मतदाता मजबूत लोकतंत्र शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है भूकम्प चम्बा ज़िला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद भूकम्प का झटका महसूस किया गया

भूकम्प का मुख्य केन्द्र चम्बा में बताया गया है हमारे प्रतिनिधि के अनुसार भूकम्प के इस झटके से जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश में लगातार विफलता के दौर से गुज़र रही है एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य में विकास ठप्प है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा में दूरगामी लड़ाई शुरू हो गई है जिसके परिणाम आने वाले समय में नज़र आएंगे राढौर दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी व महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बेरोज़गारी दूर करने के उददेश्य से स्वरोज़गार के लिए कौशल विकास निगम की स्थापना की थी लेकिन आज इस संस्थान का कोई पता नहीं है कुलदीप राठौर ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की भी सरकार से मांग की है

उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से बच्चों में एकाग्रता भाईचारे और अलग अलग संस्कृतियों का समावेश होता है उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे जैसी बुराई से दूर रहने और खेलों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया प्रदर्शनी सोलन जिले के धर्मपुर विद्यालय में शून्य निवेश नवाचार विषय पर एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया इस दौरान अध्यापकों ने विभिन्न विषयों का ज्ञान आसानी से बच्चों तक पहुंचाने के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से अपने विचार रखे उप जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इस प्रणाली को बच्चों के लिए बेहद लाभकारी बताया उन्होंने कहा कि बच्चे इससे आसानी से सभी विषयों का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं बिजली किन्नौर ज़िले में विद्युत विभाग ने अधिकतर इलाकों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार ज़िले के दूरदराज़ व सीमावर्ती गांव कुन्नू चारंग और छितकुल में फिलहाल बिजली बहाल नहीं हो पाई है विभाग के वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता टाशी नेगी ने बताया कि इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण सामान पहुंचाना मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं इधर विद्युत बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि पूह उपमण्डल के तहत रोपा वैली क्षेत्र में भी बिजली बहाल कर दी गई है दूसरी ओर रिब्बा पंचायत में कल शाम ग्लेशियर आने से फल बागीचों को लाखों का नुकसान हुआ है मौसम प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में कल हुए हिमपात के बाद शीतलहर और तेज़ हो गई है बर्फबारी से लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में संपर्क मार्ग अभी भी अवरूद्ध है इसके अलावा इन क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के जमने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

इसी तरह किन्नौर चम्बा कुल्लू और शिमला ज़िले के अनेक भागों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है